प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व आवंटन से बेहतर स्वास्थ्य सेवायें मिलेंगी देश ने स्वास्थ्य कर्भियों और फ्रंटलाईन वर्कर्स को कोविड टीका लगाने के मामले में नया कीर्तिमान बनाया मुख्यमंत्री ने लोगों से एक फिर कोरोना संबंधी प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही सभी के लिए परेशानी का कारण बन सकती है मुख्यमंत्री ने आज ट्वीट कर कहा कि महाराष्ट्र केरल और मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं

उन्होंने आज जयपुर में राज्य भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार किसानों से बिंदुवार बातचीत करने को तैयार हैं श्री चौधरी ने कहा कि कृषि कानूनों में किसानों को नए विकल्प दिए गए हैं और वे वैकल्पिक हैं

प्रदेश से खिलौना मेले में भाग ले रहे प्रतिभागियों ने इस नई पहल का स्वागत किया है राजधानी जयपुर की खिलौना व्यवसायी भावना गुलाटी ने कहा कि केन्द्र सरकार की इस पहल से बच्चों के विकास में सहाता मिलेगी

कोर कमेटी के गठन के बाद राज्य भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की दूसरी बैठक होनी है

इसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत की प्रस्तुति दी कलाकार सौरव कुमार नाहर ने ख्याल शास्त्रीय गायन कर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया वहीं वाद्य ताल कचहरी की आकर्षक प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया